अमित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है जिससे लोगों को सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े क्योंकि सूचनायें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के चौदहवें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक सुचनायें ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार से लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हुआ है

इस अवसर पर देश भर से आये प्रमुख लोगों ने खंडवा स्थित किशोर स्मारक और समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें नमन किया दिल्ली गोवा कोलकाता भोपाल नागपुर झारखण्ड उत्तरप्रदेश और गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से आये किशोर प्रेमियों ने यहां उनके प्रिय दूध जलेबी का भोग लगाया और अपने कलाकार को याद किया आज शाम खण्डवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जा रहा है इस बार किशोर कमार सम्मान सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन और जानी मानी फिल्म अभिनेत्री वहिदा रहमान को दिया जा रहा है प्रियदर्शन को यह सम्मान खंडवा में संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ प्रदान करेंगी

सहायता केन्द्र मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के कार्यालय भवन में स्थापित किया गया है उपच्नाव झाब्आ विधानसभा उपच्नाव में प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के र्बोच होना माना जा रहा है मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए राजनैतिक पार्टियां और जिला प्रशासन द्वारा प्रेरित किया जा रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी सभा ली उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव राज्य की कमलनाथ सरकार का भविष्य तय करेगा वहीं कांग्रेस नेताओं का जनसंपर्क और चुनावी सभायें जारी है वागीश्वरी प्रस्कार मध्यप्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने आज भोपाल के मायाराम सुरजन स्मृति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित भवभूति अलंकरण प्रदान किया इस वर्ष यह सम्मान जाने माने कवि नरेश सक्सेना को प्रदान किया गया है कार्यकम में वागीश्वरी सम्मान सप्तपर्णी सम्मान और पुनर्नवा पुरस्कार भी प्रदान किये गये इस वर्ष वागीश्वरी सम्मान कविता के लिए जबलपुर की तिथि दानी गजल विधा के लिए लटेरी दौलतराम प्रजापति गद्य के लिए जबलपुर की बाबुषा कोहिली उपन्यास की लिए मंदसौर की मीनाक्षी नटराजन और कहानी के लिए जबलपुर की ममता सिंह को प्रदान किया गया इसी तरह अनुराग तिवारी विनोद विश्वकर्मा चित्रांश खरे और जितेन्द्र बिसारिया को प्नर्नवा पुरस्कार तथा बसन्त निरगुणे पूर्णचन्द्र रथ चिन्मय मिश्र और साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका कलासमय को सप्तपर्णी सम्मान से सम्मानित किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कथाकार प्रियंवदा तथा अध्यक्षता जाने माने कथाकार गिरिराज किशोर ने की

इस अवसर पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है महिलायें व्रत रखने के साथ साथ मध्य रात्रि में खीर के प्रसाद की तैयारियों में लगी हैं खण्डवा में सिंगाजी मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं यहां पूर्वी पश्चिमी निमाड सहित महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की संस्कृति का अनुठा संगम देखने को मिल रहा है आज करीब दो लाख लोगों ने सिंगाजी महाराज की समाधि पर माथा टेका आगर मालवा में भी रात में भगवान को खीर को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया जायेगा वहीं जबलपुर के भेड़ाघाट में दो दिवसीय नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है नरसिंहपुर जिले में धार्मिक अनुष्ठान किये जा रहे हैं नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान और पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ बनी हुई है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

प्रादेशिक लोक संपर्क के ब्यूरो से प्रदर्शनी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दी गई है प्रदर्शनी का शुभारंभ कल सांसद राजबहादुर सिंह ने किया ओरछा सिटी वॉक निवाड़ी जिले के ओरछा में सिटी वॉक महोत्सव के दूसरे दिन आज सैलानियों को ओरछा के धार्मिक और पुरातात्विक स्थानों का भ्रमण कराया गया महोत्सव में शामिल पर्यटकों ने राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर के बारे में जानकारी हासिल की महोत्सव पर्यटन विकास विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है किकेट भारत ने आज दक्षिण अफ्रीका को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और एक सौ सैंतीस रनों से हरा दिया है पुणे में खेले जा रहे इस मैच में आज तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम एक सौ नवासी रन बनाकर आउट हो गई इसके पहले भारत ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर छह सौ एक रनों का विशाल स्कोर बनाया था इसके जबाव ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी दो सौ पिचहत्तर रन पर सिमट गई थीं दूसरी पारी में फालोऑन खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम दो सौ का आंकड़ा भी नही छ पाई गौरतलब है कि भारत ने पहला टेस्ट मैच भी दो सौ तीन रन से जीता था इस तरह भारत ने तीन टेस्ट मैचों की श्रंखला में लगातार दो मैच जीतकर श्रंखला अपने नाम कर ली है

आज शहर में पर्यावरण सुरक्षा ग्रुप ने रैली निकाली और लोगों को पॉलिथिन का उपयोग न करने का आग्रह किया

वे यहां शहीद स्मारक परिसर में होने जा रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे